भीलवाडा में भी आज चार संक्रमित लोगों का पता चला है

स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि जांच के लिये नई दिल्ली भेजे गये चार हजार सैम्पलों के नतीजे आना शुरू हो गये है राज्य सरकार ने आज रैपिड टैस्ट किट से कोरोना जांच को रोक दिया है

यह निर्णय एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है श्री शर्मा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया गया है और परामर्ष मांगा गया है राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों की निगरानी और सहयोग के लिए आया केंद्र सरकार का अंतर मंत्रालयिक दल आज जयपुर के रामगंज समेत अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा इसके अलावा यह दल एसएसएस अस्पताल का दौरा कर सकता है और स्टेट टास्क फोर्स के अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है

जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि इनमें से एक महिला दिल्ली से यहां आयी थी पॉजिटिव रोगियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इनके परिवारजनों को सूचिबद्ध करने के साथ ही इनके संपर्क में आये लोगों तथा उनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है उनके क्षेत्र में नगर परिषद की टीमों द्वारा हाइपो क्लोराइट का छिडकाव करा दिया गया है तथा आस पास के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है

उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के मौके पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कोरोना संकट से निपटने में भारतीय नौकरशाहों के योगदान की प्रशांसा की है

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ तेद्रोस गेब्रियेसस ने कल कहा कि इनमें से कुछ अध्ययनों से प्राप्त शुरूआती ऑकड़े बताते हैं कि तुलनात्मक रूप से आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही इससे प्रभावित होता है